मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमण्डल की कल शिमला में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया

ये दिवस युवाओं की आवाज और उनके कार्य और पहलों को पहचान दिलाने का अवसर उपलब्ध करवाता है इस वर्ष का विषय है वैश्विक गतिविधियों में युवाओं की प्रतिबधता मौसम राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून लगातार सकिय बना हुआ है और रूक रूककर वर्षा का कम जारी है

मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों तक राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मंत्रिमंडल के निर्णय और कोरोना से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

पंजाब केसरी का शीर्षक है हिमाचल में नई पंचायतों के गठन को मंजूरी

नमस्कार